त् मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के संतावन लाख राषन कार्ड धारियों को समय पर अनाज देने का निर्देष अधिकारियों को दिया है

आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ने विष्व अर्थव्यवस्था में चल रही मंदी तथा कोरोना के वजह से लॉकडाउन के प्रभाव को कम करने के लिए कई कदम उठाये हैं

रिवर्स रेपो रेट भी घटाकर चार प्रतिषत किया गया है इसके अलावा ऋण लेने वाले लोगों की तीन माह तक इएमआई में छूट देने का सुझाव बैंकों और अन्य संस्थानों को दिया है उन्होंने कहा कि तीन किस्त नहीं देने पर किसी को डिफॉल्टर नहीं माना जायेगा कैष रिजर्व रेसियो भी एक प्रतिषत घटाकर तीन प्रतिषत कर दिया गया है आरबीआई ने जो कदम उठाये हैं उनकी वजह से अर्थव्यवस्था में तीन दषमलव सात चार लाख करोड़ रुपये नगद की बढ़ोत्तरी होगी इसकी वजह से बैंकों और वित्तीय संस्थानों को विभिन्न तरह के ऋण देने के लिए पर्याप्त नगदी उपलब्ध हो जायगी आरबीआई गवर्नर ने लोगों से कहा है कि बैंकिंग सिस्टम में आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है

उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में कमी आने से भी अर्थव्यवस्था में सुधार आयेगा उन्होंने आष्वासन दिया कि जरूरत पड़ी तो आरबीआई और भी कदम उठायेगा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

आवष्यक वस्त केन्द्र सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखने के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया यानी एसओपी जारी की है गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करते हुए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला जैसे उनके उत्पादन स्थानीय दुकानों के जरिए उनकी थोक और खुदरा बिक्री और ई कॉमर्स कंपनियों के माध्यम से उनकी आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी आदेश में कहा गया है केवल निर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति होगी इस कार्य में लगे कर्मचारियों अथवा व्यक्तियों को ई पास अथवा किसी अन्य अनुमति पत्र के जरिए काम करने की अनुमति होगी

यह कीमत बिना बुनाई वाले मास्क पर तीस जून तक के लिए लागू रहेगी सरकार ने हैंड सैनिटाइजर की कीमत भी दो सौ मिली लीटर की बोतल के लिए अधिकतम सौ रुपये निर्धारित कर दी है इससे पहले केन्द्र सरकार ने दो और तीन परतों वाले सर्जिकल मास्क की कीमत आठ और दस रुपये में निर्धारित की थी उपभोक्ता कार्य सचिव पवन अग्रवाल ने कहा कि हैंड सेनिटाइजर की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास भी किये जा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ केन्द्र सरकार ने चीनी मिलों और शराब निर्माताओं से हैंड सैनिटाइजर के निर्माण में तेजी लाने को कहा है उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने जिन निर्माताओँ को सैनिटाइजर बनाने का काम सौंपा है उनमें से अधिकतर ने इसका निर्माण शुरू कर दिया है और क्छ अन्य एक सप्ताह में शुरू कर देंगे सैनिटाइजर बनाने के इच्छ्क शराब निर्माताओं और अन्य आवेदकों को लाइसेंस जारी करने को भी कहा गया है नकवी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को कोरोना के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए झारखंड का प्रभार दिया है इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से श्री नकवी को पत्र भेजा गया है आपदा प्रबंधन आपदा प्रबंधन विभाग ने किसी भी आपदा से निपटने के लिए तेईस टीमें गठित की है ये टीमें चौबीस घंटे स्थिति पर नजर रख रहीं हैं राजधानी रांची में अठारह टीमें तैनात की गई हैं वहीं पांच टीम देवघर में हैं

वहीं दूसरी तरफ विभाग ने किराना दुकानों को बिना किसी ठोस कारण के बंद नहीं करने का निर्देष भी जारी किया है

इनमें नौ लाख अंत्योदय परिवार भी शामिल हैं मुख्यमंत्री ने निर्देष दिया है कि किसी भी प्रकार का खाद्यान्न राज्य के बाहर ना जाए इसकी व्यवस्था अधिकारी करें सभी जिला उपायुक्तों को जन वितरण प्रणाली की दुकानों की प्रतिदिन मॉनिटरिंग करने का भी निर्देष दिया वहीं दूसरी तरफ वित्त मंत्री रामेष्वर उरांव ने कहा है कि राज्य सरकार आने वाले दिनों में राषन कार्ड धारियों को निषुल्क अनाज उपलब्ध कराएगी अभी एक रुपये में अनाज दिया जाता है सरहल प्रकृति की उपासना का महापर्व सरहल आज पारंपरिक विधि विधान से मनाया जा रहा है रांची के मोरहाबादी स्थित हातमा बस्ती में आज सुबह पूजा हुई कोरोना वायरस की वजह से घोषित लॉकडाउन के कारण सरहुल पर निकलने वाले शोभा यात्रा नहीं निकाली जा रही है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुभकामनाएं देते हुए लोगों से अपील की है कि वे अपने घर पर ही पर्व मनायें मेडिकल सेंटर हजारीबाग जिला प्रषासन ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए शहर के तीन अस्पतालों को क्वॉरेंटाइन सेंटर के रूप संचालित करने का निर्णय लिया है इन अस्पतालों में एचजेडबी आरोग्यम अस्पताल हजारीबाग डेंटल व कॉलेज अस्पताल तथा पगमिल स्थित लाइफ केयर अस्पताल शामिल हैं इस संबंध में अस्पताल प्रबंधन को तत्काल सभी मेडिकल सुविधाओं को दुरुस्त रखने का भी निर्देश दिया गया है इसके अलावा नगर निगम क्षेत्र के एके इंटरनेशनल होटल श्री विनायक होटल कैनरी इन होटल उपकार होटल मनोकामना होटल तथा आर्यन बिहार होटल को कोरोना से पीड़ित व्यक्तियों के क्वॉरेंटाइन करने के लिए जरूरत पड़ने पर उपयोग में लाए जाने का निर्णय लिया गया है इस संबंध में उपायुक्त डॉ भुवनेश प्रताप सिंह ने आदेश जारी किया है

लोगों से कहा जा रहा है कि वे अपने अपने घरों में रहे और सोषल डिस्टेंसिंग के साथ सड़कों गलियों और घरों के आसपास सेनेटाइजेषन कार्य जोर षोर से करे उधर लोहरदगा जिले में भी कोरोना से निपटने के लिए प्रषासन की ओर से हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं प्रषासन पूरी तरह से चुस्त दुरस्त है और लोगों को कोरोना से निपटने के हर संभव प्रयास करने का आग्रह भी कर रहे हैं इस संबंध में राज्य के मंत्री रामेष्वर उरांव और सांसद धीरज प्रसाद साहू ने लोहरदगा जिले के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की इस दौरान मंत्री ने विधायक कोष से बीस लाख रूपये दिये नमाज अदा लॉकडाउन की वजह से मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने सामुहिक रूप से मसज्जिदों में जमे की नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी है मस्ज्जिद में सिर्फ वहां रहने वाले चार पांच ही पर्याप्त दूरी बनाकर नमाज अदा करेंगे अन्य लोगों से घर पर ही रहकर नमाज पढ़ने को कहा गया है

दुमका की मस्जिद कमिटियों ने बैठक कर यह फैसला लिया है कि जबतक हालात सुधर नही जाते तबतक मस्जिदों में सिर्फ इमाम ही नमाज पढेंगे बाकी नमाजियों से अपने अपने घरों में ही नमाज पढ़ने की अपील की गयी है प्राथमिकी दर्ज राजधानी रांची में होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर अरगोड़ा थाना क्षेत्र के दो लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई ये दोनों युवक बाईस मार्च को दिल्ली से रांची आए थे जिला प्रषासन ने दोनों को होम क्वारंटाइन का निर्देष दिया था इसके बावजूद ये दोनों लोग घर से बाहर निकल रहे थे अरगोड़ा सीओ रवींद्र क्मार की षिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई

आज रांची से बस से पाकड़ पहंचे सैकड़ों लोगों का बस स्टैंड पर स्वास्थ विभाग की टीम र्ने जांच की और सावधानियों के बारे में जानकारी दी रांची से आये लोग साहिबगंज जिले के इस्लामपुर तथा पश्चिम बंगाल के फरक्का धूलियांन के रहने वाले हैं

मिली जानकारी के मुताबिक सैकड़ों मजदूर और कॉलेज के छात्र लॉकडाउन के बाद से रांची में फंसे हुए थे इनलोगों की अपील पर मंत्री आलमगीर आलम ने इन्हें बस से पाक्ड भेजवाने का इंतजाम किया था